और प्रदेश में बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी

नागरिकता संशोधन कानून देशभर में लागू हो गया है केन्द्र ने इस बारे में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी जिसके बाद यह कानून शुक्रवार से देशभर में प्रभावी हो गया है अधिसूचना में कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने इस कानून के प्रावधानों को लागू करने के लिए दस जनवरी दो हजार बीस की तिथि तय की है कानून के अनुसार पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के इकतीस दिसम्बर दो हजार चौदह तक भारत में आने वालों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी कानून के तहत अल्पसंख्यक समुदायों हिन्दू सिख बौद्ध जैन पारसी और ईसाई धर्म के प्रताड़ित लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी निगरानी जांच ब्यूरो ने छात्रवृत्ति घोटाला मामले में दो सौ छात्रों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिये बुलाया है कई छात्रों से इस मामले में पहले भी पूछताछ हो चुकी है विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार छात्रों से पूछताछ के बाद इस घोटाले में आरोपित आईएएस अधिकारियों से भी पूछताछ की जायेगी जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी निगरानी ब्यूरो को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं वर्ष दो हजार सोलह में इस मामले में वरीय आईएएस अधिकारी एस एम राजू तत्कालीन विशेष सचिव सुरेश पासवान सहायक निदेशक इन्द्रजीत मुखर्जी सहित सोलह अभियुक्तों के खिलाफ निगरानी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी राज्य सरकार बाल सुधार गृहों का संचालन करने वाले बावन गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डालेगी सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट में इन सभी एनजीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुये इनको काली सूची में डालने की अनुशंसा की है गौरतलब है कि बिहार के बाल सुधार गृहों को लेकर लगातार मिलने वाली शिकायतों के बाद सरकार ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी थी सीबीआई की जांच रिपोर्ट में कई तरह की गड़बड़ियों का खुलासा हुआ है इस बीच कई महिला संगठनों ने सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हये कहा है कि सीबीआई ने शेल्टर होम में रहने वाली बच्चियों के बयान को आधार बनाकर जांच नहीं की समाज कल्याण विभाग ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो सौ छियालीस बाल विकास परियोजना अधिकारियों की वेतन वृद्धि और प्रोन्नति पर रोक लगा दी है इन पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण नहीं करने और अन्य कार्यों में अनियमितता बरतने का आरोप है प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण नशामुक्ति दहेज उन्मूलन के समर्थन और बाल विवाह के विरोध में उन्नीस जनवरी को बनने वाली मानव श्रंखला में बच्चों और अन्य लोगों का भाग लेना अनिवार्य नहीं होगा मानव श्रृंखला के नोडल अधिकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को किसी भी तरह का बाध्यकारी आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक शिकायत निवारण कानून के तहत मामलों के सुनवाई में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है मूंगेर प्रमंडल में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण सुनवाई के दौरान जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं होते हैं उन्हें पचास वर्ष की उम्र के बाद सेवामुक्त कर दिया जाय श्री कुमार ने खड़गपुर झील को इको ट्ररिज्म के रूप में विकसित किये जाने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने अपनी मुंगेर यात्रा के दौरान ही भीम बांध क्षेत्र में सात सौ पंचानवे करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध सूचना पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट साइबर क्राईम डॉट जीओवी डॉट इन का उदघाटन किया इस पोर्टल की श्रुआत परीक्षण के तौर पर तीस अगस्त दो हजार उन्नीस को हुई थी इसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध खासतौर पर बच्चों के अश्लील चित्रण तथा उनके साथ द्र्वयवहार से संबंधित मामलों के बारे में सूचना दी जा सकेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीस जनवरी को लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे यह इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी है नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे प्रधानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में श्री मोदी परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए चुने गये विद्यार्थी काफी उत्साहित हैं पटना के दानापुर स्थित केंद्रीय विद्यालय की छात्रा तेजस्विनी सिंह इस कार्यक्रम में भाग लेंगी उन्होंने आकाशवाणी को बताया साउंड बाइट तेजस्विनी पहले तो बीलिव नहीं कर सकती कि मेरा सलेक्शन हो गया और प्राउड मोमेंट है मतलब मैं बस यह ही कहना चाहूंगी कि जो भी पढ़े ऐसा पढ़े की समझ में आ जाए उसे रट्टा न मारना पढ़े और उनका परीक्षा पे चर्चा जो पिछले साल हुआ था तो उसे बहुत ध्यान से देखने के बाद मेरा भी मतलब एक सपना हुआ है सही प्रदेश के कई हिस्सों में दो दिनों से हो रही बारिश के कारण ठंड का प्रकोप एक बार फिर बढ़ गया है मौसम विभाग ने कहा है कि आज से ठंड में और बढ़ोतरी होगी

हालांकि दिन में ध्रप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी कल अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गयी डेहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहां का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया राज्य में अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान में और कमी होने की संभावना है इस बीच मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिसके कारण तेरह से सोलह जनवरी के बीच राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है प्रदेश के राशन कार्डधारियों का आधार कार्ड पीओएस से जोड़ने के लिये आज से अठारह जनवरी तक विशेष अभियान चलाया जायेगा इस अभियान में उन लाभर्थियों को प्राथमिकता देनी है जो मशीन में बिना अंगूठा लगाये अनाज उठा रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक एल सी त्रिवेदी ने कहा है कि इस साल के अंत तक गया किउल रेलखंड के दोहरीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा गया जंक्शन के निरीक्षण के दौरान श्री त्रिवेदी ने कहा कि फिलहाल इस रेलखंड पर मानपुर से वजीरगंज स्टेशन तक दोहरीकरण और विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर ट्रेनों का परिचालन शुरू करा दिया गया है राज्य में आज से इकतीसवां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है इस दौरान जिला स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जायेगी इस दौरान बेहतर काम करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया जायेगा कूच बिहार अंडर नाईंटीन क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत बिहार और पुडुचेरी के बीच मुकाबला आज से पटना के मोईनुलहक स्टेडियम में शुरू होगा पिछले सात मैचों में छह मैच जीतकर इकतालीस अंकों के साथ बिहार पूल में दूसरे स्थान पर है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की टीम चेन्नई में संपन्न ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कराटे चैंपियनशिप में ओवर ऑल चैंपियन बनी है विश्वविद्यालय की टीम ने दो स्वर्ण एक रजत और एक कांस्य पदक जीता है भोपाल में खेली जाने वाली तीसरी नेशनल कयाकिंग और केनोईग चैपियनशिप के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के अधिकांश समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है डीएम करें लोक सेवा केंद्रों का निरीक्षण दैनिक भास्कर की सुर्खी है सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा छात्रों का डाटा लीक नम्बर बढ़वाने को अभिभावकों से फोन कर मांगे जा रहे सात सात हजार प्रभात खबर लिखता है लालू को बेल देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची सीबीआई दैनिक आज की सुर्खी है मानव श्रृंखला में शामिल होना स्वैच्छिक और अब अंत में मुख्य समाचार संशोधित नागरिकता कानून देशभर में लागू

और प्रदेश में बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी